प्रदेश में आज से शुरू होगा मिलावटखोरी के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान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

नीति आयोग तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस वार्षिक बैठक का आयोजन किया है वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र में भारत का स्थान महत्वपूर्ण है

सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस अर्ध वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे इसका उद्देश्य विचार विमर्श के जरिये महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेना है सभी सैन्य कमांडर सेना मुख्यालयों के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में भाग लेंगे बैठक में पूर्वी लद्दाख और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति सहित देश की प्रमुख सुरक्षा चूनौयिों की व्यापक समीक्षा होगी केन्द्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ मौसम में धान की खरीद पूरी जोरशोर से चल रही है

कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है

इस राज्यव्यापी अभियान के संचालन और प्रबंधन के लिए उच्च अधिकारियों का कोर ग्रूप बनाया गया है जांच दल जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दुकानों और प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लेंगे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

इस मौके पर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि मास्क पहनाने का अभियान तीन दिन तक चलेगा

साथ ही प्रदेश के खिलाड़ियों को अब दोगुना दैनिक भत्ता मिलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है